केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए राज्यों से विशेष पुलिस विभाग बनाने को कहा है खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विशेष पुलिस बल के गठन से कार्रवाई के समय स्थानीय पुलिस की मदद की जरूरत नहीं होगी पत्र में राज्यों से तमिलनाडु मॉडल को अपनाने को कहा गया है तमिलनाडु ने अपने यहां जमाखोरी रोकने के लिए सार्वजनिक आपूर्ति अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना की है जो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी से जुड़े मामलों में कार्रवाई करता है आयकर विभाग ने प्रदेश में नोटबंदी के दौरान अपने बैंक खातों में जमा किये गये पैसे का हिसाब नहीं देने वाले तीन हजार लोगों को नोटिस जारी किया है ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत उनलोगों को नोटिस जारी किया गया है जो नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में जमा किये गये रूपयों का हिसाब नहीं दे पाये या इनका सही स्त्रोत नहीं बता पाये थे इनमें से कई बैंक खातों को सील भी कर दिया गया है नोटबंदी के बाद चिन्हित किये गये अठारह हजार संदिग्ध बैंक खातों में लगभग एक हजार नौ सौ ऐसे खाते थे जिनमें एक करोड़ से अधिक रूपये जमा हुये थे वहीं अठारह हजार खातों में दो लाख या इससे अधिक रूपये जमा किये गये थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत बक्सर चौसा रामगढ़ मोहनिया सड़क का काम जल्द शुरू होगा पथ निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस रोड के लिए डीपीआर केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है चौंसठ किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर नौ सौ साठ करोड़ रूपये की लागत आयेगी इस सड़क के बन जाने से बक्सर से बनारस की दूरी तीस किलोमीटर कम हो जायेगी और लोगों को आरा मोहनिया सड़क का विकल्प भी मिल जायेगा केन्द्र सरकार देशभर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक हजार तेईस विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना करेगी कोन्द्रीय कानून मंत्रालय द्वारा इस संबंध में तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि इन अदालतों में से तीन सौ नवासी अदालतें पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेगी बाकी छह सौ चौंतीस अदालतों में पॉक्सों के साथ साथ द्रष्कर्म से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी देश में अभी पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म से जुड़े एक लाख छियासठ हजार से अधिक मामले लंबित हैं एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर से तीन हथियार तस्करों को एक हजार छह सौ दस कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली से कारतूस की यह खेप ला रहे थे एसटीएफ के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में मोहम्मद आशिक अंसारी भी शामिल है जिसकी पहले भी हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है पटना में बाईस सितम्बर से विशेष वाहन जांच अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने बताया कि यह अभियान तीस सितम्बर तक जारी रहेगा उन्होंने कहा कि अभी पटना की सड़कों पर जहां चेकिंग प्वाइंट बनाये गये हैं वहां वाहनों के प्रद्षण जांच प्रमाण पत्र और बीमा के कागजात बनाये जायेंगे साथ ही पुलिसकर्मी वाहन चालकों को नये ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी देंगे प्रदेश में परिवार नियोजन कराने वाली महिलाओं और नसबंदी कराने वाले पुरूषों को निःशुल्क एम्ब्रलेंस सेवा उपलब्ध करायी जायेगी राज्य स्वास्थ्य समिति के एम्ब्रलेंस सेवा के नोडल अधिकारी के के उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है प्रदेश के सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का भुगतान आवेदन के पच्चीस दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा

उन्होंने बताया कि अभी तक अड़सठ हजार से अधिक किसानों के लिए संबंधित बैंकों को अनुदान की राशि भेज दी गयी है भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मंडल स्तर पर बेटी के पैदा होने पर उत्सव मनायेगी अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र फड़के ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा सप्ताह से ही इस अभियान की शुरूआत की जायेगी श्री फड़के ने बताया कि इस अभियान का नारा सबसे बड़ा धन बेटी वन और जल रखा गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर बिहार के ऊपर से मॉनसून ट्रफ लाईन गुजर रही है जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक सात सेंटीमीटर बारिश समस्तीपुर में दर्ज की गयी वहीं गौनाहा चरघरिया रोसड़ा इंद्रपुरी और दाउदनगर में चार से छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इधर पटना के गांधी घाट में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां नदी का जलस्तर लाल निशान से सत्रह सेंटीमीटर ऊपर है गंगा के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है हर घर नल का जल योजना के तहत अगले वर्ष मार्च महीने तक प्रदेश के एक सौ पांच नगर निकायों के एक हजार सात सौ इकतालीस वार्डो के हर घर में पाईप लाईन के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना का अस्सी प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है भागलपुर सुपौल और जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है राजस्थान के जोधप्र में आयोजित सातवीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने प्ररूष और महिला दोनों वर्ग में जीत के साथ अभियान की शुरूआत की है उन्नीसवीं सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की स्वीटी कुमारी ने स्ट्रांग वीमेन ऑफ इंडिया बनने का गौरव हासिल किया स्वीटी ने बावन किलोग्राम वर्ग में तीन सौ सैंतीस दशमलव पांच किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की बिहारशरीफ में आयोजित राज्यस्तरीय सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के बालक वर्ग में नालंदा की टीम विजेता बनी है वहीं बालिका वर्ग में बक्सर की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में डूबने से नौ बच्चों की मौत हो गयी पूर्वी चम्पारण में पांच और दरभंगा तथा मध्रबनी में दो दो बच्चों की मौत की खबर है अररिया जिले में कुरसाकांटा थाना क्षेत्र के हत्था चौक के पास से एसएसबी ने लगभग एक लाख रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अन्तर्गत बंगालीपाड़ा से एसटीएफ ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है दोनों नक्सलियों की कई मामलों में पुलिस को तलाश थी रोहतास जिले में पिछले दिनों एक चीनी व्यवसायी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के धारुपुर गांव से तीन नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया है औरंगाबाद जिले के नवीनगर से पुलिस ने कुख्यात इनामी अपराधी अखिलेश ठाकुर को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है

गिरफ्तार युवकों के पास से कई एटीएम कार्ड नकद रूपये तीन मोबाईल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ है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 हिन्दुस्तान लिखता है पटना में चेकिंग प्वाइंट पर बनेगे प्रदूषण और बीमा के कागजात दैनिक जागरण की सुर्खी है शहीद कमलेश की अंतिम यात्रा में उमड़ा हुजूम रो दिये लोग दैनिक भास्कर लिखता है तीन लाख सत्तावन हजार नियोजित शिक्षकों की बीस प्रतिशत तक बढ़ सकती है सैलरी सरकार बदलेगी मॉनसून की दस्तक और वापसी की तिथि को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक आज लिखता है एलओसी पर सेना की तैनाती तेज राष्ट्रीय सहारा ने देशभर में चार हजार नये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है